प्रदेश के सालाना राजस्व संग्रह को एक लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उठायेगी कई कदम लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका की की गई सराहना श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया गया ग्रूनानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व देव दीपावली पर कल ग्यारह लाख दीपो से जगमग हुए वाराणसी के घाट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की विदेश यात्रा पर आज ब्राजील पहुंच रहे हैं वे वहां ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय बैठकों के अंतिरिक्त ब्रिक्स व्यापार परिषद तथा न्यू डेवेलपमेन्ट बैंक के साथ वार्तालाप करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्व मंत्रिस्तरीय बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के भविष्य के लिए आर्थिक विकास और नवाचार इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय है ब्रिक्स एक दशक सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है ब्राजील की अध्यक्षता में इस वर्ष सम्मेलन की प्राथमिकताओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग सीमा पार अपराधों के खिलाफ संघर्ष धन शोधन और न्यू डेवेलपमेन्ट बैंक तथा ब्रिक्स व्यापार परिषद के बीच सम्बंध बढ़ाना जैसे विषय शामिल हैं इस वर्ष व्रिक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क और महिला उद्यमियों के लिए व्यापारिक गठबंधन की स्थापना की जाएगी

महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को ध्यान में रखते हए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिससे राज्य में संविधान के अनुच्छेद तीन सौ छष्पन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है विघानसभा को निलंबन की स्थिति में रखा गया है इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने राज्य के घटनाक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी प्रदेश सरकार राज्य में वस्त एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह सालाना एक लाख करोड़ रूपये तक पहंचाने के लिए कई कदम उठाएगी इसके लिए प्रत्येक जनपद और राज्य स्तर पर शीर्ष दस जी एस टी अदाकर्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय किया गया है साथ ही प्रदेश सरकार अब रजिस्टर्ड जी एस टी अदाकता उद्यमियों को दस लाख रूपये तक का बीमा भी देगी और जल्द ही ऐसे उद्यमियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राजधानी लखनऊ में वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जी एस टी संग्रह बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की मुख्यमंत्री श्री योगी ने अधिकारियों को प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाकर उद्यमियों को जी एस टी अदा करने के फायदों के बारे में जानकारी देने को कहा है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की इस अक्सर पर उन्होंने केन्द्रीय राज्य मंत्री को प्रदेश में खादयान्न उत्पादन एवं कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया श्री शाही ने केन्द्रीय राज्यमंत्री से वर्तमान रबी सत्र में प्रदेश के छः लाख मैट्रिक टन अंतिरिक्त यूरिया खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया श्री मांडविया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आवश्यकतानुसार और समय पर यूरिया उपलब्ध हो इसका पूरा प्रयास किया जायेगा श्री शाही ने इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री को भारत सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों के हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी कल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया यह दिवस उन्नीस सौ सैंतालिस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में पहली और आखिरी बार आने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है उस दिन महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे के बाद हरियाणा में अस्थायी तौर पर बसे विस्थापितों को रेडियो के माध्यम से सम्बोधित किया था लोक सेवा प्रसारण दिवस पर नई दिल्ली में कल शाम आकाशवाणी के प्रसारण भवन परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम में बापू के प्रिय भजन गाये गये इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने राष्ट्र के लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की लोक सेवा प्रसारण के अनुरूप जो दायित्व हैं उनका आकाशवाणी ने देश ही नहीं अपित् विदेशों में भी शॉटवेव के माध्यम से अपने गूरतर दायित्व का वहन किया है और आकाशवाणी की एक प्रतिप्ठा बनी है निर्भीक एवं सटीक सूचनाए समाचार प्रस्तुत करने की श्री खरे ने आकाशवाणी जम्मू और शिमला द्वारा तैयार किये गये रेडियो कार्यक्रमों के लिए दो आकाशवाणी लोक प्रसारण पुरस्कार की घोषणा भी की कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक एफ शहरयार अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और कलाकार शामिल हुए स्कूली छात्रों ने महात्मा गांधी की जीवन से प्रेरित फिल्मों से गाने गाये सिख पंथ के संस्थापक गुरूनानक देव जी की पाँच सौ पचासवीं जयन्ती कल प्रदेशभर में प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्वा और उल्लास के साथ मनायी गयी गुरूनानक देव जी का जन्म चौदह सौ उन्हत्तर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था इस अवसर पर लखनऊ के नाका गुरूद्वारे की ओर से डीएवी कालेज परिसर में विशेष समारोह का अयोजन किया गया था गुरूनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विभिन्न स्थानों पर गुरूद्वारों को रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया गया था जहाँ भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर श्री ग्रूग्रन्थ साहिब जी और सिख इतिहास से जुड़ी झाकियां और शोभा यात्रायें भी निकाली गयीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिक्ख पंथ की नींव रखकर गुरूनानक जी ने त्याग और बलिदान का सन्देश दिया वे कल लखनऊ में गुरूनानक जी के पाँच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गुरूनानक जी की शिक्षायें आज भी प्रासंगिक हैं आज से पाँच सौ पचास वर्ष पहले जिस प्रकाश पुंज का जन्म हुआ था उसका प्रकाश आज भी फैल रहा हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूद्वारे के आसपास कोई भी भूखा नहीं रहता लंगर भले ही सिक्खों का होता हो पर यहाँ हमेशा ही भाईचारा नजर आता है उन्होंने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया गुरू का प्रकाश पर्व मना रहा है श्री योगी ने कहा कि ग्रूनानकदेव जी के सभी स्थानों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग उसका सौन्दर्यीकरण करायेगा

उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने की सिक्ख समुदाय को बधाई दी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल प्रदेश में लाखों श्रद्वालुओं ने प्रमुख नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान पृष्य करने से मनोकामनायें पूरी होती हैं प्रयागराज वाराणसी अयोध्या और मंथ्रा सहित विभिन्न स्थानों पर कल सुबह से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ गंगा यमुना और सरयू में स्नान के लिए उमड़ पड़ी थी वाराणसी कानपुर चित्रकूट फर्रुखाबाद और उन्नाव के सभी गंगा घाटों पर सुबह से शंख मंजीरा के साथ भजन कीर्तन के बीच दिनभर जय उदघोष के साथ माहौल गुंजायमान रहा वाराणसी में गंगा नदी में स्नान के बाद श्रद्वालुओं ने बाबा विश्वनाथ मन्दिर में जलानिषेक और पूजा अर्चना की यहाँ के प्रमुख घाट दशाश्वमेघ घाट अस्सी घाट राजघाट और पंचगंगा में श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए विशेष इन्तजाम किये गये थे मेरठ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया गया

बिजनौर जौनपुर पीलीभीत मिर्जापुर सहित विभिन्न जनपदों में लोगों ने विभिन्न नदियों में स्नान करने के बाद मन्दिरों में पूजा अर्चना की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल वाराणसी में देव दीपावली रंगारंग कार्यक्रम के साथ ध्रमधाम से मनाई गयी इस अवसर पर गंगा घाट पर लाखों दीपक जलाये गये माँ गंगा के अविरल धारा में बहते हुए दीपक अनोखी छटा विखेर रहे थे यह प्रदेश में दूसरा अवसर है जब काशी में गंगा तट पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिट्टी के दिये जलाये गये

देव दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू और चित्रकूट में मंदाकिनी के रामघाट पर भी भारी भीड़ देखी गयी